मंत्रिमंडल बैठक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना की स्थिति जांचने के लिए एक सप्ताह बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी

इस बीच तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा और वन मंत्री राकेश पठानिया भी अपने अपने विभागों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अब एक हजार की आबादी पर खुलेंगे राशन के डिपो

पंजाब केसरी के शब्द हैं उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइन में दी जाएगी छूट

दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार कल विधानसभा में बजट पेश करेंगे जयराम ईज़ ऑफ लिविंद इंडेक्स में देशभर में अव्वल बना शिमला संबंधी खबर भी समी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है हिमाचल विधानसभा सत्र पर अजीत समाचार की सुर्खी है विपक्ष का सदन से बहिष्कार वीरभद्र निलंबित विधायकों के धरने में पहुंचे आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है राज्यपाल से माफी मांगे विपक्ष हिमाचल दस्तक की एक खबर है पंचायतों में बनेंगे ग्राम सचिवालय बीपीएल प्रमाण पत्र झूठा निकला तो प्रधान पर बनेगा केस

चंबा में बेबी किट खरीद में घोटाला शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है लाखों की परचेज पर भाजपा विधायक पवन नैय़यर ने घेरी अपनी ही सरकार पंजाब केसरी की एक खबर है नगर निगम नगर पंचायत व तीन ब्लॉकों में प्रधान के चुनाव का जल्द बजेगा बिगुल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

नमस्कार